भारत ने स्पष्ट किया है कि आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते

विदेश मंत्री सूषमा स्वराज ने आज नई दिल्ली में एक कार्य्क्रम में कहा कि इस्लामाबाद को आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी होगा और अगर भारत के साथ बातचीत करना चहाता है तो आतंकवादियों की भारत के विरूदव गतिविधियां बंद करें विदेश मंत्री ने कहा कि अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान उदवारचित है तो उन्हें जैशे ए मोहम्मद के सरगना मसूद अज़हर को भारत के हवाले देना चाहिए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादी मुददे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्दाय को ग्मराह कर रहा है और आतंकवाद को स्रक्षित कर रहा है और बढ़ावा दे रहा है

श्रीकोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में शौर्य सम्मान और विशिष्ट सेवा सम्मान प्रदान किए दो कीर्ति चक्र और एक शौर्य चक्र मरणोपरान्त प्रदान किए गये

परम विशिष्ठ सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में थल सेना जनरनल विपिन रावत भी शामिल है इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और अनय गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे प्रदेश के जो य्वा प्लिस व भारतीय सेना में भर्ती होना चाहते हैं उनके लिए अब एनसीसी की तर्ज पर स्ट्रेंट प्लिस कैडेट्स कोर की श्रूआत की गई है जिसमें एनसीसी की तर्ज पर ए बी सी व डी ग्रेड के प्रमाण पत्र के अलावा सरकारी नौकरी में वेटेज मिल सकेंगी यह बात आज प्लिस महानिरीक्षक यातायात डा राजश्री ने भिवानी के राजकीय महाविद्यालय में प्लिस स्टूडेंट कैडेट्स कोर व सडक़ स्रक्षा कार्यक्रम के दौरान कही उन्होंने बताया कि प्लिस कैडेट्स कोर पाठ्यक्रम की श्रूआत भारत सरकार दवारा पायलेट प्राजेक्ट के तौर पर देश भर में श्रू किया जा रहा है इस मौके पर छात्र छात्राओं को ट्रैफिक प्लिस के नियमों के बारे में भी जानकारी दी गई यातायात प्लिस महानिरीक्षण डॉ राजश्री ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हए बताया कि स्ट्रडेंट प्लिस कैडेट्स कोर एक तरह की कम्यूनिटी प्लिसिंग हैं जिसके पाठ्यक्रम में कानूनी जानकारी एफआईआर कैसे दर्ज कराएं द्र्घटना होने पर क्या करें सामाजिक ब्राईयों को कैसे रोके नशे के विरूद्ध कैसे कार्य करें छेडख़ानी जैसी घटनाओं व अन्य सामाजिक ब्राईयों से कैसे निपटे इस बारे में जानकारी दी जाएगी इस पाठ्यक्रम के प ने वाले छात्र छात्राओं को पुलिस एयर फोर्स आर्मी व नेवी की सेवाओं में जाने का मौका भी मिलेगा

भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल के बीच आज अमृतसर जिले के अटारी मे करतारप्र गलियारे से सम्बधित पहले दौर की बैठक सकारात्मक रही बैठक के बाद जारी संयुक्त ब्यान मे कहा गया है कि दोनों पक्षों ने इस परियोजना से जुड़े विभिन्न पहल्ओं और श्रद्वाल्ओं के लिये नियमों और स्विधाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की दोनों पक्ष इस बात को लेकर सहमत थे कि गलियारे को कार्य रूप देने के लिये काम मे तेजी लाए जाये संयक्त ब्यान मे कहा गया कि है गलियारे की रूप रेखा को लेकर विशेषज्ञ स्तर की चर्चा भी हई

उस दिन ये तय होगा कि अदालत पाकिस्तानी राहिल वकील की अर्जी को म्कदमे की कार्रवाई में शामिल करेगा या फिर पहले की स्नवाई के आधार पर ही फैसला सुनाया जायेगा

रेलवे ने होली के अवसर पर विशेष रेलगाड़ी चलाने का निर्णय लिया है अम्बाला से गोरखपुर वाया लखनऊ और नई दिल्ली से बरौनी वाया लखनऊ होली विशेष गाड़ी चलाई जायेगी

ये गाड़ी अम्बाला छावनी सहारानप्र म्रादाबाद बरेली लखनऊ बाराबंकी गोंडा और बस्ती स्टेशनों पर रूकेगी किन्नौर जिले मे ह्ये हिमपात में दो गुमशुदा सिपाहियों की लाशें मिलने के पश्चात तलाश समाप्त कर दी गई है कल्लू जिले के थरुआना गांव के एन के विदेश चन्द्र का पार्थिव शरीर आज शाम उनके गांव भेजा जायेगा जहां कल उनका अंतिम संस्कार किया जायेगा दूसरे राईफल मैन अर्ज्न क्मार जो जिला कथ्आ के गांव कटटन ब्राहाणा के रहने वाले थे उनका पार्थिव शरीर कल उनके गांव भेजा जायेगा आज विश्व ग्र्दा दिवस है ये दिन हर वर्ष मार्च के दूसरे वृहस्पतिवार को मनाया जाता है इसका उद्देश्य ग्र्दे के महत्व और ग्र्दे की बीमारियों को रोकने के बारे जागरूकता बढ़ाना है

इसका आश्य ग्र्दे की बीमारी से बचाव और रोकथाम के लिये वैश्विक स्वास्थ्य कवरेज आज के दिन ग्र्दे की बीमारी से सम्बधित पूरे देश मे कई सेमीनार और कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है जहां लोगों को बताया जा रहा है कि ग्र्दे की बीमारी का मुख्य कारण उच्च रक्तचाप और मध्मेह है

भूमि का कलैक्टर रेट बढ़ाने की मांग को लेकर केएमपी किसान यूनियन ने आज उद्योग मंत्री विप्ल गोयल को ज्ञापन दिया य्नियन के प्रधान भरत सहरावत ने बताया कि पलवल जिले के जिन गांवों की भूमि के निकट केएमपी एक्सप्रेस वे निकल रहा है उनक किसानों की मांग है कि अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का कलैक्टर रेट एक करोड़ पचास लाख रूपये प्रति एक़ड़ दिया जो और किसानों को हर घर से एक सरकारी नौकरी प्रदान की जाये